महाकुम्भ स्नान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले महाकुम्भ के चार शाही स्नानों और पर्व स्नानों की तिथियों की घोषाणा की उन्होंने यह घोषणा हरिद्वार में आयोजित बैठक में सभी अखाड़ों के संत महात्माओं की उपस्थिति में उनकी सर्वसम्मति से की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महाकुंभ के कार्यों को तय समय के भीतर और गुणवत्ता के साथ संपन्न करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रमुख संतों और अखाड़ों से लगातार संपर्क कर कुंभ मेले के लिए किए जा रहे कार्य पूरे किये जाएं

राज्य सैनिक बोर्ड बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के सैनिक हमारा गर्व हैं और सेवानिवृत्ति के बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है देहरादून में राज्य सैनिक बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए योजनाओं से जोड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाए उन्होंने शहीद सैनिकों के बच्चों को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों उनकी विधवाओं युद्ध के दौरान घायल और अपंग सैनिकों को निशुल्क यात्रा सुविधा देने पर सैद्वांतिक सहमति व्यक्त की बैठक के दौरान सेना के स्नातक और मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्रों को केन्द्र सरकार की तर्ज पर वैध माने जाने पर भी सहमति व्यक्त की गई औली चमोली अब बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत विशेष श्रृंखला के देशव्यापी अभियान की एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज देशभर में शुरू हो गया है

अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता पर जोर देकर सभी राज्यों और केन्द्रं शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है इस कड़ी में उत्तराखंड और कर्नाटक को एक दूसरे की खूबियों से रूबरू कराया जा रहा है इन दिनों औली में चल रही राष्ट्रीय स्कीईंग प्रतियोगिता में कर्नाटक के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं बर्फ से लकदक औली और यहां का प्राकृतिक सौंदर्य कर्नाटक के खिलाड़ियों को खूब भा रहा है उनका कहना है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक छटा बरबस ही हर एक सैलानी का मन मोह लेती है

यहां हर साल स्कीइंग प्रतियोगिताए आयोजित की जाती हैं स्कीईंग प्रतियोगिता में टीम लेकर पहुंचे कर्नाटक स्की एसोसिएशन के महासचिव अब्दुल रज्जाक का कहना है कि हम यहा पहली बार भाग र्ले रहे हैं और हमें औली बहत संदर लगा है

औली के निकट आली बुग्याल पनार लॉर्ड कर्जन रोड स्वर्गारोहिणी सहित कई पर्यटक स्थल हैं जहां हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान इस कार्य में अहम भूमिका अदा रहा है देहरादून में उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसैक के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि यूसैक संसाधनों के नियोजन और प्रदेशवासियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण और लाभकारी भूमिका अदा कर रहा है उन्होंने कहा कि केंद्र इस दिशा में सराहनीय कार्य करता रहेगा

शाहीन बाग सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी सड़कों को अनिश्चितकाल तक अवरूद्ध नहीं कर सकते न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोजफ की पीठ ने इस इलाके से प्रदर्शनकारियों को हटाने वाली याचिका पर केन्द्र दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है पीठ ने कहा है कि एक कानून बना है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं न्यायालय ने कहा कि लोगों को विरोध का अधिकार है लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरूद्ध करने का नहीं ऐसे विरोध अनिश्चितकाल तक नहीं किये जा सकते अगर वे प्रदर्शन करना चाहते हैं तो विरोध प्रदर्शन के लिए निर्घारित स्थान पर ही करें पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना वह कोई फैसला नहीं देगी

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश नोवेल कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है इस मुद्दे पर लोकसभा में डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि सभी आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है और सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस की रिथति की निगरानी के लिए एक पैनल गठित किया है स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों से इस मुद्दे पर वीडियो कॉलिंग कर रहा है

उन्होंने एयर इंडिया और भारतीय छात्रों को वुहान से लाने के मिशन में शामिल सभी चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद दिया

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान जारी रहेगा और इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा उसके पहले के फैसले में किए गए संशोधन को बरकरार रखा है

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आकाशवाणी को विशेष बातचीत में बताया कि इस अभियान के माध्यम से बच्चों की आंतों को कृमिरहित करना है ई क्लास अनाथ और गरीब लड़कियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागेश्वर में बालिका आश्रम पद्वति विद्यालय में ई प्रोजेक्टर के माध्यम से स्मार्ट क्लास की शुरूआत कर दी गई है ई क्लास का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने कहा कि ई क्लास से अब आश्रम की बालिकाओं को भी सभी विषयों के बारे में व्यावहारिक जानकारी मिलेगी जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा